राष्ट्रपति आज बजट सत्र शुरू होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में देश के सामार्जिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने तथा सबको स्वास्थ्य सुवधिाएं और शिक्षा उपलब्ध कराने के अनेक उपाय किए हैं राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ऐसे नए भारत की बुनियाद रखने के लिए काम कर रही है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो तथा जहां समाज के सभी वर्गों का विकास हो

बजट सत्र प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वे संसद के बजट सत्र को उपयोगी बनाये बजट सत्र के पहले दिन संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुददें पर चर्चा के लिये तैयार है श्री मोदी ने सांसदों से आग्रह किया कि वे इस सत्र का उपयोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिये करें क्योंकि सारा देश संसद की कार्यवाही को देखता है परीक्षा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा की थी

दिल्ली से वापस सतना लौटने पर छात्रा ने हमारे संवाददाता को बताया कि प्रधानमंत्री के परीक्षा के बारे में किये गये संवाद से हमें बहुत बल मिला है

श्री नाथ ने कल राष्ट्रीय गरिमा अभियान के बैनर पर गरिमा यात्रा पर निकले दल से मुलाकात करते समय यह जानकारी दी राष्ट्रव्यापी यात्रा पर निकले इस दल का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं और बच्चियों में जागरूकता पैदा करने के साथ न्याय की लड़ाई लड़ना है मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि सभ्य समाज में महिलाओं और बच्चियों के प्रति अत्याचार की घटनायें शर्मनाक हैं उन्होंने कहा कि सरकार के साथ समाज की भागीदारी से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं

खंडवा जिले में अब तक करीब एक लाख से अधिक किसान आवेदन जमा कर चुके हैं पुरूष हॉकी नौवी सीनियर पुरूष हॉकी चैंपियनशिप ग्वालियर में आज से शुरू हुई हॉकी इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस टूर्नामेंट में वर्तमान भारतीय टीम के साथ ओलपिंक विश्वकप एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में खेल चुके कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता के पहले दिन आठ मैच खेले जायेंगे दस फरवरी तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में देश की बीस टीमें हिस्सा ले रही हैं